राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने जानकारी दी है कि कल पहले चरण की नाम वापसी के आखिरी दिन सिर्फ एक उम्मीदवार ने कैराना सीट से अपना नामांकन वापस लिया इस चरण में अब सबसे ज्यादा तेरह तेरह उम्मीदवार कैराना बागपत और गौतमबुद्व नगर संसदीय सीट से मैदान में हैं वहीं सबसे कम ग्यारह ग्यारह उम्मीदवार सहारनपुर और मेरठ लोकसभा क्षेत्र में हैं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम वापसी का आज आखिरी दिन था प्रदेश की आठ सीटों पर होने वाले मतदान के लिए दाखिल किये गये एक सौ छब्बीस नामांकन पत्रों की कल जांच की गयी जिसमें पैंतालिस नामांकन पत्र रद्द कर दिये गये जबकि इक्यानवे नामांकन पत्र वैघ पाये गये प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नगीना में दाखिल किये गये सभी नौ नामांकन पत्र सही पाये गये हैं उन्होंने बताया कि अब अमरोहा में ग्यारह बुलंदशहर में नौ अलीगढ़ में चौदह हाथरस में आठ मथ्रा में तेरह आगरा में ग्यारह और फतेहपुर सीकरी में सोलह प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं इस चरण में अट्ठारह अप्रैल को वोट डाले जायेंगे प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र भरने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने लोगों को अपने पक्ष में करने का अभियान शुरू कर दिया है एक रिपोर्ट हमारे लखनऊ संवददाता से आज अपने तीन दिवसीय चुनाव अभियान के आखिरी दिन कांग्रेस महासविव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी बाड़ा फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रही हैं उन्होंने फैजाबाद के कुमारगंज से जनता के साथ मुलाकात का सिलसिला शुरू किया और अचका गांव में चौपाल में भी हिस्सा लिया बाद में वो मऊ शिवाला गांव में स्कूली बच्चों से भी मुलाकात करेंगी इस बीच वरिष्ठ भाजपा नेता वरूण गांधी ने आज पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया एटा लोकसभा सीट से सपा बसपा रालोत गठबंधन के प्रत्याशी देवेन्द्र सिंह यादव ने भी आज अपना पर्चा दाखिल किया सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ कांग्रेस ने महाराजगंज संसदीय सीट से सुप्रिया श्रीनेत को अपना उम्मीदवार बनाया है इससे पूर्व कांग्रेस ने इस सीट पर कल अमरमणि त्रिपाठी की बेटी तनुश्री को अपना उम्मीदवार घोषित किया था कांग्रेस ने प्रदेश की छह लोकसभा सीटों के लिए कल शाम अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है जिसमें शाहजहांपुर सुरक्षित सीट से ब्रह्म स्वरूप सागर को टिकट दिया गया है

इटावा संसदीय सीट से भाजपा ने रामशंकर कठेरिया को अपना उम्मीदवार बनाया है इस बीच इटावा से निवर्तमान भाजपा सांसद अशोक दोहरे आज कांग्रेस में शामिल हो गये उच्चतम न्यायालय ने चुनाव लड़ने जा रहे उम्मीदवारों द्वारा चुनाव समिति के सामने अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी देने से संबंधित शीर्ष न्यायालय के फैसले के कथित उल्लंघन पर कार्रवाई शुरू करने की याचिका को लेकर केन्द्र और निर्वोचन आयोग को नोटिस जारी किया है न्यायाधीश आर एफ नरिमन और विनीत सरन की पीठ ने पच्चीस सितम्बर दो हजार अट्ठारह के फैसले पर अमल न करने के लिए तीन उपनिर्वाचन आयुक्तों विधि सचिव और कैबिनेट सचिव से जवाब मांगा है उच्चतम न्यायालय ने उन्नीस सौ चौरासी के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक सौ छियासी मामलों की जांच पूरी करने के लिए विशेष जांच दल को दो महीने का और समय दिया है

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मीडिया मंचों का दुरुपयोग रोकने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं आज नई दिल्ली में उप निर्वाचन आयुक्त उमेश सिन्हा ने कहा कि सोशल मीडिया मंचों ने भी आगामी आम चुनावों के लिए स्वेच्छा से आचार संहिता बनाई है ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे पर आज सुबह हुए एक सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत हो गयी और चौबीस लोग घायल हो गये यह हादसा उस वक्त हुआ जब आगरा से नोएडा जा रही डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर एक ट्रक से टकरा गयी बस में सवार आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों में कुछ की स्थिति गंमीर बतायी जा रही है यह बस औरैया डिपो की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट संदेश में इस दुर्घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है और दिवंगत आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है